इस बार सम्मेलन का विषय है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्द्रपूर्ण समन्वय गतिशील लोकतंत्र की कुंजी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् इस अवसर पर उपस्थित हैं सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नेरेन्द्र मोदी कल संविधान दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा कि अहमद पटेल के रूप में उन्होंने अपना सहयोगी खो दिया है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्ति किया है श्री गहलोत ने ट्वीट के जरिये कहा कि कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए ये एक अप्रणीय क्षति है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने शोक संदेश में कहा कि अहमद पटेल को राजनीति में संजीदगी और बुद्धिमता के लिए हमेशा याद किया जाएगा राज्य के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद सुराणा का आज सुबह जयपुर में निधन हो गया वे पहले कोरोना से पीड़ित थे लेकिन ठीक हो गए थे इसके बाद उनका स्वास्थ्य दोबारा खराब हुआ जिसमें सुधार नहीं हुआ

श्री सुराणा के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर राज्य के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने भी अपने शोक संदेश में कहा कि श्री सुराणा ने हमेशा आम लोगों की भलाई के लिए कार्य किया श्री सुराणा पांच बार विधानसभा सदस्य रहे वे राज्य के वित्त मंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज पश्चिमी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर बादल छाये हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं बीकानेर में बादल छाए हुए हैं और जिले के ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है जयपुर में भी सुबह हल्के बादल छाए रहे